मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपद में आवश्यक खादय सामग्री की दरों को नियंत्रित रखने के लिये प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के दामों पर नजर रखी जाये यह सुनिश्चित किया जाये कि जनता के दैनिक उपयोग से जुड़ी आवश्यक खाद्य सामग्री की जमाखोरी और मुनाफाखोरी नहीं होने पाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण क लिये प्रभावी प्रयास कर रही है रेन वाटर हार्वेस्टिग तालाबों के पुनः उद्वार चैकडेमों की स्थापना सहित अन्य कार्यो से भू गर्भ जलस्तर बढ़ा है उन्होंने डिप्र सिंचाई को बढ़ावा देने तथा इसके लाभ के बारे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे पूर्वाचल एक्सप्रेस वे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे सहित अन्य परियोजनाओं का कार्य पूरी तेजी से सम्पन्न किया जाये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में जोर देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है

चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ कई बार की वार्ता के बावजूद किसी भी यूनियन ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जो उन्हें लगता है कि विवादास्पद है कृषिमंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं उन्होंने कहा कि खुले बाजार में किसानों को मंडियों के करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है बाइट किसान वेयर हाउस का उपयोग कर सकें किसान कोल्ड स्टोरेज का उपयोग कर सके इस दृष्टि से ये इन्फ्रास्ट्रक्चर नीचे तक पहुंचे और इस गैप को भरा जा सके सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आए हम सब जानते हैं कि फल हो तरकारी हो ये कुछ फसलें ऐसी हैं जल्द ही नष्ट हो जाती हैं और इनको उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाता सौ किसान रेल प्रारंभ की गई हैं जो एक तौर से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है रोज जा रही हैं आ रही हैं किसान का जो उत्पादन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर किसान को उचित मूल्य दिलाने में मदद कर रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स और कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण निर्धारित क्रम के अनुसार किया जाये उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पांच लाख से अधिक कोविड टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है

उन्होंने कहा कि पहले उच्च एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में कक्षाओं का संचालन किया जाये इसके बाद अन्य विद्यालयों में कक्षाएं शूरू की जाये

उन्होंने बताया कि कोरोना काल में तकनीक के बेहतर उपयोग से जनता को विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं प्रदान की गई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

भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के लिये चुने गये नवनिर्वाचित में से आज नौ सदस्यों ने विधान भवन में शपथ ग्रहण की

भाजपा के कुंवर मानवेन्द्र सिंह और समाजवादी पार्टी के नव निर्वाचित अहमद हसन पहले ही शपथ ग्रहण कर चुके हैं सपा के राजेन्द्र चौधरी शपथ ग्रहण के लिये उपस्थित नहीं थे प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों और निजी विद्यालयों में कोरोना काल बंदी के बाद शिक्षण कार्य पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार कक्षा छह से आठ तक के बच्चों के लिये विद्यालयों में शिक्षण कार्य आगामी दस फरवरी से शुरू हो जायेगा और वहीं कक्षा एक से पांच तक के बच्चों के लिये शिक्षण कार्य एक मार्च से शुरू किया जायेगा

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखी गयी है यह विकास की गति को तेज करने और कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष की शुरूआत पर जारी रहेगा

प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल से हो रही रूक रूक कर हल्की से मध्यम वर्षा के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई कई स्थानों से ओलावृष्टि की भी सूचना है कृषि विशेषज्ञों ने शीतकालीन वर्षा को फसलों के लिये लाभदायक बताया है वहीं सरसों तथा अन्य फसलों के लिये यह नुकसानदेय साबित हो सकती है हमीरपुर जनपद में बीती देर रात से सर्द हवाओं के साथ वर्षा दर्ज की गई कौशाम्बी में बूंदाबादी और तेज हवाओं से गलन बढ़ गई अयोध्या में हल्की ब्रंदाबादी के समाचार है कुशीनगर में भी बदली छायी रहने के साथ हल्की फुहारें दर्ज को गई झांसी सिद्धार्थनगर वाराणसी और चन्दौली सहित अन्य जनपदों में भी बादल छाये रहने के साथ कई स्थानों पर हल्की बूंदबांदी हुई मौसम विभाग ने पीलीभीत रायबरेली अमेठी सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर अयोध्या बस्ती संतकबीरनगर तथा आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन घंटों के दौरान गरज चमक के साथ वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है